प्रदेश में बस किराया वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से की किराया बढौतरी वापस लेने की मांग केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत में आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता और राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना के तहत ऊना ज़िले के थानाकलां में बनेगा प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले अढ़ाई वर्षों के दौरान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर दो सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है

मेंख्यमंत्री ने ने के कहा के कि के वर्तमान में बददी बरोटीवाला नालागढ़ में करीब दो हजार औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और स्वस्थ होने के बाद ही उन्हें घर भेजा जा रहा है इस अवसर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल और शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद व प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किए विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने क्षेत्र में विभिन्न विंकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया अधिसूचना प्रदेश में बस किराया वृद्धि आज से लागू हो गई है प्रदेश सरकार ने बस किराया बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है

इसके अलावा डिलक्स और एसी वाल्वो बसों में भी यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया देना होगा विरोध किराया इस बीच कोरोना संकट काल में बस किराए में की गई बढ़ौतरी पर प्रदेश कांग्रेस ने आज ऊना ज़िला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर एक रैली निकाली इस अवसर पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से बस किराया बढ़ौतरी को वापस लेने की मांग की उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को राहत देने की वजाए अलोकतांत्रिक फैसले ले रही है अग्निहोत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन छेड़ने के लिए सक्रिय होने का आहवान भी किया उन्होंने सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया

वे आज शिमला में रूसा के तहत आयोजित विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे शिक्षा मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अधिकतर कार्य इस वर्ष दिसम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए

इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय में कल लिए गए सभी सैंपलों की पहली रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है पाबंदी राज्य सचिवालय में कोरोना मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने वैध प्रवेश पत्र के बिना सचिवालय में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार लापरवाही के लिए गेट इंचार्ज को जिम्मेवार ठहराया जाएगा इस बीच शिमला के उपायुक्त अभित कश्यप ने मास्क न पहनने या मास्क को सही ढंग से न लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना वसूल करने के निर्देश जारी किए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करना अनिवार्य है अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विकल्पों के समन्वय अवसरों की अधिकतता और बाजार के खुलेपन से भारत निवेश के लिए सर्वोत्तम स्थान है एक बयान में उन्होंने कहा कि भारत अवसरों का देश है और भारत में आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी क्षमता है अनुराग ठाकूर ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में भारत ने पूरे विश्व को आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने अर्थव्यवस्था को बल देने और आर्थिक समृद्धि हासिल करने का विजन दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निवेश नीति के कारण कई देशों की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए आगे आ रही है वीरेंद्र कंवर राष्ट्रीय गोकुल ग्राम योजना के तहत ऊना ज़िला के थानाकलां में प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि परियोजना का कार्यान्वयन प्रदेश पश् धन और कुक्कूट विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा

उन्होंने कहा कि गोकुल ग्राम को वैज्ञानिक संसाधन प्रबंधन व्यवसायिक फार्म और अन्य विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से आत्मनिर्भर इँकाई बनाया जाएगा सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने और ग्रामीणों की खुशहाली पर विशेष ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और इन संस्थानों के माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के प्रयास आरम्म किए गए हैं सरवीण चौधरी ने कहा कि मनरेगा और आजीविका मिशन के तहत अनेक गतिविधियां शुरू की गई हैं और इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर में जनसमस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया प्रसारण दिवस आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है

बहजन हिताय बहजन सुखाय के अपने ध्येय को ध्यान में रखते हए आकाशवाणी ने शरु से ही सुचना शिक्षा और मनोरंजन का कार्य किया है इस अवसर पर केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को अपनी श्रभकामनाएं दीं एक टवीट में उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के कोने कोने मेँ लोगों को समाचार देने और उनका मनोरंजन करने का काम करता है मेंट प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सक्षम गुड़िया बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य व पोषण संबंधी मामलों में गणवत्ता सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए इस दौरान रूपा शर्मा ने राज्यपाल को विभिन्न विमागों द्वारा बालिकाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से अवगत करवाया इस बीच प्रदेश की प्रधान लेखाकार जनरल ऑडिट रित् ढिल्लो ने भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की

प्रदेश के प्रधान लेखाकार सीजे कीर्ति ने आज शिमला में बताया कि इस संबंध में विभागों के सभी आहरण व संवितरण अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है